अब समाचार विस्तार से कॉलेज परीक्षा कोरोना संकट को देखते हुए स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रवेश किये जाने का फैसला किया गया है विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष सेमेस्टर के अंकों या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षासेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा

स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टर्स में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्षसेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे

रिजर्व बैंक डिजिटल रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भूगतान सेवा से ज़ड़े ऑपरेटरों से कहा है कि वे स्रक्षित भुगतान के तौर तरीकों से अपने ग्राहकों को अवगत कराने के लिए बहुभाषी अभियान चलाएं रिज़र्व बैंक रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सुरक्षित भूगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोक्ताओँ को किसी के भी साथ अपने डेबिट क्रेडिट और प्री पेड़ कार्ड का ब्योरा साझा करते समय सावधान रहना चाहिए अपने पासवर्ड ओटीपी सीवीवी और यूपीआई पिन की जानकारी देने से भी बचा जाना चाहिए रिज़र्व बैंक ने लोगों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक अथवा मुफ्त नेटवर्क का उपयोग कर बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय लेन देन करने से भी बचें बैंक का ब्योरा अपने मोबाइल ई मेल इलेक्ट्रॉनिक वैलेट या पर्स में भी नहीं रखा जाना चाहिए तबादले प्रदेश सरकार ने कल रात भारतीय पुलिस सेवा के तीन दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए

भोपाल साइबर एसपी विकास कुमार को राजगढ़ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है निवाड़ी प्रलिस अधीक्षक मुकेश क्मार श्रीवास्तव को भोपाल उत्तर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी रथयात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारम्परिक विधि विधानों के साथ शुरू हो गई

छेरा पहरा की रस्म सवेरे सुबह साढे ग्यारह बजे होगी इसके बाद दिन के बारह बजे के आसपास रथ गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे कोविड संक्रमण को देखते हुए भीडभाड से बचने के लिए केवल चुने गए सेवादारों और पुलिस अधिकारियों को ही रथ खींचने की अनुमति दी गई है

शिवपुरी में कल एक ही परिवार के छह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए इसी परिवार का एक व्यक्ति पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था

खंडवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

मुरैना जिला पंचायत के सीईओ व आईएएस तरूण भटनागर व उनके परिवार जांच रिपोर्ट निर्गेटिव आई है कोरोना समीक्षा प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का जिलेवार अभियान चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सघन सर्वे कर एक एक कोरोना मरीज की पहचान की जाएगी यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हई समीक्षा बैठक में कही

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना मॉनीटरिंग के लिए बनाए गए वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों का दौरा ककर वहां की व्यवस्थाएं देखें मौसम बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है

जबलपुर रीवा शहडोल संभागों के जिलों में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है लगातार बारिश से तापमान में कमी आई है लेकिन कहीं कहीं उमस महसूस की गई मौसम विभाग के अनुसार आज शहडोल रीवा जबलपुर होशंगाबाद सागर भोपाल संभाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है इंदौर ग्वालियर उज्जैन चंबल संभाग में कहीं कहीं और शहडोल रीवा संभाग के कुछ जिलों भारी वर्षा की संभावना है

इसके लिए डोर दू डोर कचरा संग्रहण वाहन में पीले रंग का एक डिब्बा रखा जाएगा